मानवता की सेवा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया

रोहतास में कोरोना संक्रमित एक मरीज की आज हुई मौत मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हुई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है और वह ऐसा करना जारी रखेगा उन्होंने कहा है कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा श्री मोदी ने यह बात बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही यह कार्यक्रम कोरोना योद्वाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था

लाम हानि समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिये संकट की ये घड़ी सहायता करने की है जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध भारत में सिद्धि और आत्म सिद्धि दोनों के प्रतीक हैं उन्होंने कहा कि आत्म सिद्धि की भावना से ही भारत मानवता और विश्व समूदाय के हित में काम कर रहा है

इसी आत्म बोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय हैं और इस मुश्किल घड़ी में कई लोग द्रसरों की मदद करने कानून व्यवस्था बनाये रखने संक्रमितों का इलाज करने और साफ सफाई बनाये रखने के लिए चौबीसो घंटे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्वा प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं साउंड बाईट इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवाकर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रुप में मनाने का संकल्प लिया है करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर चालीस प्रतिशत हो गयी है यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से लगभग ग्यारह प्रतिशत अधिक है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीस मरीजों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छटटी दी गयी राज्य में अब तक दो सौ अठारह मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इधर प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत होने के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गयी है रोहतास जिले के सासाराम में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि सत्तर वर्षीय व्रद्ध को नारायण चिकित्सा महाविद्यालय में सांस की तकलीफ होने के बाद भर्ती कराया गया था चिकित्सकों ने उन्हें संदिग्ध मानते हुए कोरोना जांच के लिये सैंपल एकत्र किया जांच रिपोर्ट आने से पूर्व ही उनकी मौत हो गयी रोहतास के सिविल सर्जन ने मृतक के परिजनों को क्वारेंटीन में भेजने और सभी के नमूने एकत्र करने के आदेश दिये हैं इधर प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के पांच नये मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच सौ सैंतालीस हो गयी है आज रोहतास से दो और औरंगाबाद शिवहर तथा जहानाबाद से एक एक मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों के निकट संपर्कों का पता लगाया जा रहा है प्रदेश में घर घर चलाये जा रहे सर्वे अभियान के तहत अब तक लगभग दस करोड़ ग्यारह लाख लोगों से जानकारियां जूटायी गयी हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान तीन हजार आठ सौ पैंतालीस लोगों में सर्दी खांसी और ब्रुखार मिला कोरोना संदिग्धों के नमूने भी एकत्र किये जा रहे हैं देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के तीन हजार पांच सौ इकसठ नये मामले आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बावन हजार नौ सौ बावन हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक पंद्रह हजार दो सौ सड़सठ लोग ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने वालों की दर अठाईस दशमलव आठ तीन प्रतिशत तक पहुंच गई है चौबीस घंटों में इस वायरस से नवासी लोगों की मौत हुई है इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढकर एक हजार सात सौ तिरासी हो गई है नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड उन्नीस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जनसहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है

वो एक फ्लैट हो सकता है फ्लैट के आने का मतलब कि नम्बर ऑफ केसेज बहत कम हो जायेंगे अगर ये सारे जो प्रीकोशन्स हैं इसको पूरी तरह से पूर्णतया हम समी लोग सहयोग करें और उसको मानें राज्य में लॉकडाउन के दौरान शर्तों के साथ जन सरोकार से जुड़ी आवश्यक द्रकानें आज से खुल गयी हैं सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में दुकानों के खुलने के दिन और समय का निर्धारण कर दिया है सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इलेक्ट्रोनिक्स पंखा एसी और कूलर की दुकानों के साथ मोबाईल कम्प्यूटर लैपटॉप बैटरी और यूपीएस की दुकानों को भी खोलने का आदेश दिया गया है इन सभी उपकरणों की मरम्मत से जुड़ी दुकानें भी खुलेंगी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमीर सुबहानी ने बताया कि सरकार का यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल नहीं खूलेंगे उन्होंने कहा कि दुकानों को खोलने के लिए कुछ शर्ते लगायी गयी हैं जिनका पालन दुकानदारों को करना होगा अन्यथा दुकानों को बंद करा दिया जायेगा श्री सुबहानी ने कहा कि ऑटो मोबाईल्स स्पेयर पार्टस की दुकान एक दिन के अंतराल पर खोली जा सकती हैं जबकि गैरेज वर्कशाप और प्रद्रषण जांच केन्द्रों को प्रतिदिन खोलने का निर्देश दिया गया है देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन के कारण फंसे अठाईस हजार चार सौ सताईस प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर आज चौबीस ट्रेनें बिहार के अलग अलग हिस्सों में पहुंची इनमें से सबसे अधिक सात ट्रेन गुजरात से आयी हैं वहीं छह रेलगाड़ियां महाराष्ट्र से पांच तेलंगाना से जबकि तीन राजस्थान से आयी इसके अलावा आंध्र प्रदेश हरियाणा और केरल से भी एक एक ट्रेन बिहार पहंची कर्नाटक में फंसे प्रवासी बिहारियों के लिये कल से पंद्रह मई तक विशेष ट्रेनों का परिचालन होगा इधर कल देश के विभिन्न भागों से सत्रह विशेष ट्रेनें बिहार पहुंच रही हैं इनमें सबसे अधिक चार ट्रेन गूजरात से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से तीन तीन गुजरात राजस्थान और हरियाणा से दो दो जबकि महाराष्ट्र से एक ट्रेन आयेगी इन रेलगाड़ियों से बीस हजार छह सौ उनतीस यात्री आ रहे हैं राज्य सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न योजनाओं के तहत एक करोड़ चौंतीस लाख मानव दिवस रोजगार का सुजन किया गया है

बाकी बचे किसानों को पंद्रह मई तक कृषि इनपुट अनुदान उपलब्ध करा दिया जायेगा श्री कुमार ने बताया कि अप्रैल महीने में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिये एक सौ इक्यावन करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है और तीस मई तक किसानों को यह राशि भी उपलब्ध करा दी जायेगी लॉकडाउन की अवधि में बिहार के किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि मिलने पर प्रसन्नता जतायी है

वहीं एक हजार नौ सौ चौदह लोगों को गिरफ्तार किया गया है एक हजार आठ सौ अंठानवे प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं जबकि साठ हजार आठ सौ दो वाहन भी जब्त किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय क्मार ने आज मूजफ्फरपूर स्थित एसकेएमसीएच में संदिग्ध दिमागी बुखार से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया श्री कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार एईएस से निपटने के हरसंभव उपाय कर रही है और अभी यहां एक सौ बीस बेड वाला गहन शिश् चिकित्सा इकाई तैयार है उन्होंने कहा कि जल्द ही इस इकाई में बेड की संख्या बढ़ायी जायेगी श्री कुमार ने लोगों से एईएस के लक्षण मिलने पर तत्काल अपने बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र ले जाने की सलाह दी

मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया खबरों में कहा गया है कि संस्थान को जमालपुर से लखनऊ स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है खबरों में कहा गया है कि रेलवे ने इस संस्थान की गतिविधियों को बढाने और परिवहन प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन में शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करने की योजना बनाई है नवादा के निलंबित अनुमंडलाधिकारी अनु कुमार के निलंबन को रद्द करते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग पटना में योगदान करने का निर्देश दिया गया है जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न रिथित को देखते हुए अधिकारियों की कमी के कारण उन्हें निलंबन मुक्त किया गया है उन पर विभागीय जांच जारी रहेगी गौरतलब है कि हिसुआ विधायक अनिल सिंह की पुत्री को कोटा से लाने के लिये पास निर्गत किये जाने के मामले में उन्हें निलंबित किया गया था आज ब्रद्ध पूर्णिमा है आज ही के दिन गौतम ब्रद्ध का जन्म हुआ था आज ही के दिन उन्हें बोधगया के पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज ही उनका महापरिनिर्वांण भी हुआ था महात्मा बुद्ध की ज्ञानस्थली बोध गया के महाबोधि मंदिर में इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रजा अर्चना की जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं ने महाबोधि मंदिर में हुई पूजा में फेसबुक लाइव के माध्यम से भाग लिया साथ ही कोविड उन्नीस वैश्विक महामारी जल्द से जल्द खत्म होने के लिये प्रार्थना की बुद्ध पूर्णिमा पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई दी हैं राजधानी पटना सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में आज दोपहर बाद तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है नवादा और सिवान में ओलावृष्टि की भी खबर है बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव में एक महिला की मौत हो गयी इधर मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है

मानवता की सेवा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया

रोहतास में कोरोना संक्रमित एक मरीज की आज हुई मौत मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हुई